विधानसभा चुनाव में टिकिट बंटवारे को लेकर राजनैतिक दलों में सरगर्मिया हुई तेज भाजपा और कांग्रेस सहित तमाम पार्टिया नामों को अंतिम रूप देने में जुटी

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जायेगी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में तैयारियां हुई तेज

सुप्रीम कोर्ट ने इसे अति आवश्यक मामला नहीं मानते हुए जनवरी के पहले सप्ताह में सुनवाई करने को कहा है

भाजपा में टिकिट तय करने के लिये दिल्ली पैनल भेजने से पहले आज जयपुर में एक बार फिर चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हो रही है पार्टी में उम्मीदवारों के प्रति रायश्रमारी का काम पूरा कर लिया गया है और दावेदारों का सर्वे भी किया जा चुका है इधर कांग्रेंस पार्टी में उम्मीदवारों के पैनल के लिये नामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है इसके लिये स्क्रीनिंग समिति की दो दिवसीय बैठक आज से हो रही है कांग्रेस मैं टिकिट वितरण के दौरान विवाद की स्थिति से बचने के लिये प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मोहर लगने से पहले केन्द्रीय चुनाव समिति को नाम भेजे जायेंगे इधर आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिये अपना घोषणा पत्र कल जारी कर दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी राजस्थान में सभी सीटों पर चुनाव लडेगी और किसी अन्य पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी

उन्होंने कहा कि नयी पार्टी में समान विचारधारा वाले नेताओं को सम्मान दिया जाएगा श्री बेनीवाल ने कहा है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बारी बारी से किए जा रहे कुशासन और भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है और इससे मुक्ति चाहती है इससे पहले कल हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में रोड़ शो के जरिये शक्ति प्रदर्शन किया

श्री तिवाड़ी ने पत्रकारों से कहा कि प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है और उनके नामों की घोषणा भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद की जायेगी

जयप्र में उप चुनाव आयुक्त सुदीप जैन और जोधप्र में चुनाव आयोग के सलाहकार विपिन कटारा न्यायाधीशों अधिवक्ताओं और विधिक अधिकारियों को मशीनों की प्रणाली से अवगत कराएंगे न्यायिक प्रक्रिया से जुडे मतदाताओं को जागरूक करने के लिये निर्वाचन आयोग ये कदम उठा रहा है

जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ महाजन ने बतायो कि प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले कार्भिकों को गंभीरता से लिया जाएगा इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी

यह सुविधा प्रदेशभर में लागू की जाएगी इसके लिए अजमेर और जयपुर को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है

इसका विषय है भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत बनाओ

श्री गहलोत ने कहा कि बाजरा खरीद नहीं होने से किसान को भी अब तक निराशा ही हाथ लगी है जिससे वह न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दर में बाजरा बेचने को मजबूर हो रहा है

इसलिये जरूरी है कि सरकार को जल्द ही बाजरा खरीद केन्द्र शुरू करने चाहिये

ये पंजीयन नजदीकी ई मित्र या खरीद केन्द्र पर करवाया जा सकता है जो किसान गिरदावरी के अभाव में पंजीकरण नहीं करवा पाये थे वे अब अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिये पंजीयन करा सकेंगे

सोयाबीन और मूंगफली के लिये भी ऑनलाईन पंजीकरण जारी है

आयोग ने इस बार परीक्षा के दौरान इन्टरनेट सेवाएं बंद नहीं रखने का निर्णय लिया है

इस अवसर पर देशभर में रन फोर यूनिटी यानि एकता के लिये दौड का आयोजन किया जायेगा प्रदेश में इस दिन सभी अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रीय एकता की शपथ लेगें इस अवसर पर दौड़ और बैण्ड के साथ मार्चपास्ट भी किया जायेगा

उपभोक्ता संघ के प्रशासक और सहकारिता रजिस्ट्रार डॉ नीरज के पवन ने बताया कि दीपोत्सव मेले में बच्चों के लिए सुरक्षित और अच्छी क्वालिटी के पटाखे होलसेल दरों पर उपलब्ध करवाये जा रहे है

उद्योग विभाग द्वारा ये बाजार आमेर रोड़ पर अरबन हाट में लगाया जायेगा

पांच मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें एक ै एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं